शिमला में आज प्रदेश विश्वविद्यालय की वार्षिक कोर्ट मीटिंग में उन्होंने शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के प्रारूप का अध्ययन करने की सलाह दी और कहा कि इसमें विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के संदर्भ में उपयोगी जानकारी दी गई है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वैश्विक स्पर्धा के इस दौर में विद्यार्थियों को ग्रणात्मक शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है उन्होंने विश्वविद्यालय की खेल गॅतिविधियों में योग और फिट इंडिया अभियान को शामिल करने पर भी जोर दिया राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वार्षिक शैक्षणिक कैलेन्डर और द्वि भाषीय न्यूज लैटर हिम शिखर का विमोचन भी किया

इसका उद्देश्य उपभोक्ता आदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है इस वर्ष उपमोक्ता दिवस का विषय है उपमोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली

इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ता दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए लाहौल स्पीति के जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक विजेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर केलंग में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्व की जानकारी दी

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर कहा कि नाबार्ड और सरकार के बीच मजबूत साझेदारी से राज्य को अत्याधिक लाभ मिला है

इस मौके पर बैंक के मूख्य महाप्रबंधक निलय कपूर ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए किसान उत्पादक संगठन गठित किए गए हैं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के धर्मपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज एक कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलो में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने में सफल रहे हैं

वे आज मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हियूण पैहड़ के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनका सही मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए

गोविंद सिंह प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर सभी सुविधाओं का विस्तार कर रही है वन ेव परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू ज़िले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फोजल के वार्षिक समारोह में आज ये बात कही गोविंद ठाकुर ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं को काँफी हद तक कम किया जा सकता है उन्होंने सभी से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया